राज्य के अधिकतर हिस्सों में हो रही बारिश से ठंड में तेज बढ़ोतरी

राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी में बीएड और प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में दस वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है इस निर्णय के बाद अब सामान्य वर्ग के अधिकतम सैंतालीस वर्ष तक के अभ्यर्थी एसटीईटी में शामिल हो सकते हैं वहीं पिछड़ा वर्ग और महिलायें पचास वर्ष जबकि अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थी बावन वर्ष की उम्र सीमा तक आवेदन कर सकेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इस परीक्षा में शामिल होने के लिये आवेदन की नई तिथि जारी करेगा वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग ने कंप्यूटर शिक्षक अभ्यर्थियों को शिक्षा पात्रता परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा में आठ वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है राज्य के छह जिलों पटना नालंदा भोजपुर बक्सर रोहतास और कैमूर के अनूसूचित जाति और जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल मुआवजा राशि देने का निर्देश दिया गया है प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये इन सभी जिलों के जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक से संवाद कर यह आदेश दिया अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जिलाधिकारी की स्वीकृति हर सप्ताह प्राप्त कर उत्पीड़न और पेंशन की राशि वितरण करने का कार्य जिला कल्याण पदाधिकारी करेंगे राज्य सरकार ने नगर विकास और आवास विभाग में अभियंताओं के रिक्त पदों को डेढ़ महीने के भीतर भरने का निर्णय लिया है एक हजार छप्पन पदों को संविदा प्रतिनियुक्ति और सेवा निवृत कर्मियों से भरने की तैयारी पूरी कर ली गयी है विभाग के सचिव आनंद किशोर ने बताया कि दस श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिये ऑनलाइन आवेदन लिया जायेगा इकतीस जनवरी तक चयनित कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित कर दी जायेगी इधर बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में हेराफेरी करने वाले पच्चीस हजार अभ्यर्थियों का आवेदन रद्द कर दिया गया है पटना उच्च न्यायालय में जमानत अर्जी में फर्जीवाड़े के मामले में सीबीआई ने अधिवक्ता राजेंद्र शास्त्री को गिरफ्तार कर लिया राजेंद्र शास्त्री के खिलाफ सीबीआई न्यायालय ने इससे पहले गैर जमानती वारंट जारी किया था इस मामले में कई आरोपियों ने पूर्व में ही सीबीआई कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है देशभर के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस बीडीएस और अन्य कोर्स में नामांकन के लिये आयोजित नेशनल एलेजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट नीट दो हजार बीस के लिये रजिस्ट्रेशन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इकतीस दिसंबर तक स्वीकार करेगी नीट दो हजार बीस में आवेदन के लिये इस बार कई नियम बदले गये हैं रजिस्ट्रेशन के लिये अभ्यर्थियों को फिजिक्स केमेस्ट्री बायोलॉजी और अंग्रेजी विषय के साथ इंटरमीडिएट में पचास प्रतिशत अंक अनिवार्य किया गया है पटना जिले के नौ प्रखंडों के बानवे पैक्सों के लिये मतगणना शुरू हो गयी है इसके लिये मतगणना केंद्रों पर दंडाधिकारी पुलिस अधिकारी और जवानों की तैनाती की गयी है जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि मतगणना के उपरांत सभा जुलूस और हथियार लेकर चलने पर पूरी तरह रोक है पटना समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में हो रही बारिश के कारण ठंड में तेजी से व्रद्धि हुयी है अधिकतम और न्यूनतम तापमान में तीन से पांच डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गयी है मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय सिस्टम बनने से राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश हो रही है विभाग ने बताया कि आज सुबह पटना में अठारह दशमलव आठ मिलीमीटर बारिश हुयी है विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि साईक्लोन सर्किल बनने के कारण प्रदेश के अधिकांश भागों में अगले चौबीस घंटों तक रूक रूककर बारिश होगी कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार यह बारिश रबी फसलों गेहूं और मक्के के लिये काफी फायदेमंद है रबी के साथ ही तेलहन और दलहन फसलों को भी फायदा होगा इधर प्रद्षण के स्तर में देश के निन्यानवे शहरों में पटना शीर्ष स्थान पर है पटना का वायू गुणवत्ता सूचकांक एक्यूआई स्तर तीन सौ इक्यावन पर है जबकि मुजफ्फरपुर दूसरे स्थान पर है रेलवे ने कोहरे के कारण सोलह दिसंबर से इकतीस जनवरी तक छह ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह रद्द कर दिया है जबकि अड़तीस ट्रेनों के परिचालन के दिनों में कमी की गयी है वहीं एक जोड़ी ट्रेनों का आंशिक समापन किया गया है पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि मालदा टाउन से पटना के रास्ते नई दिल्ली जाने वाली मालदा टाउन नई दिल्ली एक्सप्रेस इक्कीस दिसंबर से लेकर एक फरवरी तक पूर्णतः रद्द रहेगी इधर दानापुर रेल मंडल के बजीरगंज पैमार और करजरा स्टेशनों पर बीस दिसंबर तक नॉन इंटरलॉकिंग कार्य होने के कारण इन स्टेशनों से गुजरने वाली कुछ ट्रेनों के परिचालन के समय में अस्थायी बदलाव किया गया है पटना विश्वविद्यालय में पीएचडी नामांकन परीक्षा की उत्तर कुंजिका जारी कर दी गयी है नौ नवंबर को आयोजित इस परीक्षा में पूछे गये चारो सेट के प्रश्न और सभी प्रश्नों के उत्तर जारी किये गये हैं प्रदेश के चौदह जेलों में नये अधीक्षक बनाये गये हैं गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार सूची में शामिल अधिकारियों में अधिकतर को पहली बार अधीक्षक पद की जिम्मेदारी दी गयी है पटना के सभी व्यवहार न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है किशनगंज शहर के बहादुरगंज मोड़ के समीप उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक से लगभग पांच सौ कार्टन विदेशी शराब बरामद की है इस सिलसिले में ट्रक चालक को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया सुपौल जिले की एक सत्र अदालत ने करीब सत्रह वर्ष प्रराने हत्या के मामले में नौ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और पच्चीस पच्चीस हजार अर्थदंड भी लगाया गया है महिला सिपाही से द्वर्व्यवहार के मामले में बीएमपी चार के दारोगा सत्येंद्र प्रसाद को निलंबित कर दिया गया है तिब्बतियों के अध्यात्मिक धर्मगुरू चौदहवें दलाईलामा नव वर्ष के पहले दिन छह दिवसीय प्रवास पर बोधगया आयेंगे इस दौरान दलाईलामा दो से छह जनवरी तक बोधगया के कालचक्र मैदान में प्रवचन करेंगे पटना में आयोजित सीके नायडू अंडर ट्वेंटी थ्री क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले मैच में बिहार ने मिजोरम को एक पारी और एक सौ नौ रनों से पराजित कर दिया बिहार की टीम ने पहली पारी में चार सौ उनसठ रन बनाये जबकि मिजोरम की टीम पहली पारी में दो सौ छब्बीस और दूसरी पारी में एक सौ चौबीस रन ही बना सकी बिहार का अगला मैच ओडिशा में उन्नीस दिसंबर से ओडिशा के खिलाफ खेला जायेगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी पहली सूर्खी बनायी है हिन्दुस्तान का शीर्षक है पश्चिमी विक्षोभ से आया बदलाव हवा के साथ बारिश ने सुबह में बढ़ायी ठंड दैनिक जागरण ने राहुल गांधी के बयान को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है राहुल के बोल पर भड़की संसद लोकसभा में उठी कांग्रेस नेता से माफी की मांग राहुल ने सदन के बाहर भी दिया विवादित बयान दैनिक भास्कर की सुर्खी है पटना में छात्रा से गैंगरेप के मामले में दो आरोपियों ने कोर्ट में किया सरेंडर दो के खिलाफ वारंट प्रभात खबर लिखता है वाहन बिक्री में बिहार ने संपन्न राज्यों को पछाड़ा आज अखबार का शीर्षक है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का निर्देश नियोजित शिक्षकों को मिले ईपीएफ

राज्य के अधिकतर हिस्सों में हो रही बारिश से ठंड में तेज बढ़ोतरी